आज सोलन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में कोई मुददा नहीं है इसी वजह से इनके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं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 जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने की होड लगी हई है उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रियों और विधायकों की परफॉरमेंस का पैमाना लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन क्षेत्रों से मिलने वाली बढ़त से आंका जाएगा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

वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में चुनावी जनसभा को सम्बोधित किया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 जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल व मजबूत नेतृत्व में देश का मान बढ़ा है उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने सभी वर्गो के लिए विभिन्न कार्यकम चलाए जिनका उन्हें सीधा लाभ मिल रहा है जयराम ठाकुर ने पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा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 कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से मुख्यमंत्री घबरा गए है और चुनाव प्रचार में सांसदों की बजाए प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहें है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद अपने कार्यकाल में केंद्र से कुछ नहीं ला पाए और अपनी सांसद निधि तक भी पूरी खर्च नहीं कर पाएं उन्होंने भाजपा पर सेना के पराक्रम का लाभ लेने का आरोप भी लगाया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

अश्वनी कुमार चौधरी बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जा रही है